साथ ही ऐसी कम्पनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर भी नहीं देना होगा

वित्त मंत्री ने निगमित सामाजिक दायित्व पर दो प्रतिशत व्यय को बढ़ाने की भी घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निगमित करों में कटौती के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है इसको लेकर प्रत्याशियों में उत्साह नजर आ रहा है

नामांकन के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किये गए हैं आपको बता दें कि हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी सभी बारह जिलों में तीन चरणों में चुनाव होने हैं

जिले के रिखणीखाल ब्लॉक की रहने वाली शालिनी बलौदी एमए की छात्रा है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए राजनीति में आना चाहती हैं उधर चमोली में जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जोनल मजिस्ट्रेट और सैक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं

कप्तानों की बैठक पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए पुख्ता तैयारियां करने के निर्देश दिये हैं पंचायती चुनावों को लेकर पुलिस महानिदेशक ने कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ बैठक की बैठक में डीआईजी कुमाऊं जगत राम जोशी सहित अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर और चम्पावत जिलों के एएसपी और एसपी मौजूद रहे बैठक में पुलिस महानिदेशक ने चुनावी तैयारी ट्रैफिक ड्रग्स तस्करी आदि के साथ ही हिल पैट्रोलिंग यूनिट के बारे में भी जानकारी ली आर्मी चीफ आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत उत्तरकाशी स्थित अपने ननिहाल थाती गांव पहुंचे जंहा ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया जनरल बिपिन रावत के नाना ठाकुर किशन सिंह परमार साठ के दशक में उत्तरकाशी क्षेत्र से विधायक रहे जनरल बिपिन रावत ने उत्तराखंड में पलायन की समस्या को गंभीर बताया उन्होंने कहा कि वो समय समय पर सरकार से इस मासले पर बात करते रहते हैं उन्होंने कहा कि वो गांव और ननिहाल में आते रहेंगे आर्मी चीफ ने ननिहाल पहुंचने पर अपनी बचपन की यादें लोगों के साथ साझा की ग्रामीणों ने उनका स्वागत फूल मालाओं और भारत माता के जयकारों के साथ किया पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है साथ ही कहा कि हमारी सेनाओं के पास आधुनिक हथियार हैं सीमा तक सड़कें भी पहुंच चुकी हैं सेना हर तरह से तैयार है साथ ही कहा कि जो जरूरी है वो किया जा रहा है उन्होंने ईको सेंसिटिव जोन को लेकर भी कई अहम बातें कहीं वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया नये वायुसेना अध्यक्ष होंगे

एयर मार्शल भदौरिया इस समय उप वायुसेना प्रमुख हैं

अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया था स्वास्थ्य विभाग डेंगु प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने देहरादून और हल्द्वानी को केंद्रित करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं साथ ही दोनों ही जगहों पर चिकित्सकों की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है

जांच के लिए सीएचसी रायपुर में एलाइजा टेस्ट की सुविधा दी गयी है

उन्होंने टेस्टिंग में तेजी लाने के लिए निजी पैथोलॉजी सेंटर्स को सरकारी दरों पर टेस्ट करने को कहा है जिसका भुगतान स्वास्थ्य विभाग करेगा

सेना भर्ती चंपावत जिले के बनबसा सैनिक छावनी में कल से शुरू सेना के लिए भर्ती शुरू होगी कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के युवाओ के लिए आयोजित सेना भर्ती को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं

अधिकारियों के अनुसार जालसाजी करने वालों को रोकने के लिए सतर्कता बरती जाएगी बनबसा के बाद अन्य जगहों पर भी सेना भर्ती कैंप लगाए जाएंगे सीएम हरिद्वार दौरा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में आयोजित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण समिति की तीन दिवसीय बैठक का श्भारंभ किया इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण समिति के लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस बैठक से जो भी बातें सामने आएंगी उनसे लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों को केन्द्र और राज्य सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ा जाएगा जिससे उनको भी जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पिथौरागढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गयी जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बालिका इंटर कालेज से इस अभियान का शुभारंभ किया इस मौके पर बालिकाओं का एनीमिया टेस्ट किया गया और उन्हें एनीमिया रोकथाम के लिए जरुरी पोषण के बारे में जानकारी भी दी गयी जिलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान के तहत नगर के समस्त विद्यालयों में बालिकाओ का मुफ्त एनीमिया टेस्ट किया जायेगा जिन बालिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी पायी जाएगी उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी और उनके खानपान पर विशेष ध्यान दिया जायेगा साथ ही उनके पोषण को लेकर परिजनों को भी विशेष दिशा निर्देश दिए जायेंगे

बड़ी संख्या में श्रद्धालु बदरीनाथ धाम का रुख कर रहे हैं लेकिन बद्रीनाथ हाइवे लामबगड़ में परेशानी का सबब बन गया है भूस्खलन और मलबा गिरने से यहां पर लगातार मार्ग बाधित हो रहा है जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दरअसल पिछले दो दशकों से लामबगड़ भूस्खलन जोन समस्या बना हुआ है बार बार भूस्खलन होने पर लोगों को सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती बन जाता है प्रशासन ने इस भूस्खलन जोन के स्थायी ट्रीटमेंट की बात कही है यातायात पुलिस अभियान यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस उपमहानिरीक्षक केवल खुराना ने आज जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की

इस प्रश्नपत्र को स्कूलों में आवंटित किया जाएगा यातायात निदेशालय प्रदेश के स्कूलों में इस प्रश्न पत्र की एक लाख प्रतियां आवंटित करेगा